निवेशको का सम्मेलन मैग्नीफिसेंट एमपी की तैयारियां पूरी मुख्यमंत्री कमलनाथ आज प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे

मुख्य सचिव एसआरमोहंती की अध्यक्षता में कल नुकसान का जायजा लेने आये केन्द्रीय दल की बैठक में राज्य की ओर से नुकसान के ब्यौरे की जानकारी दी गई

राज्यपाल प्रदेश में भारी वर्षा और बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान के आंकलन के लिए अंतर मंत्रालयीन केन्द्रीय दल ने कल प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की राज्यपाल ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश के अतिवृष्टि पीड़ित किसान और गरीब के प्रति संवेदनशील दृष्टि के साथ नुकसान का आंकलन किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि भारी बारिश से सोयाबीन और अन्य फसलों को काफी नुकसान पहॅचने की सूचनाएं मिल रही है श्री टंडन ने खेती को हुए नुकसान से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ने को लेकर चिंता जाहिर की उन्होंने उम्मीद जताई की केन्द्रीय दल फसल नुकसान का व्यवहारिक और उदार आंकलन करेगा जिससे किसानों को उचित राहत मिल सकेगी मैग्नीफिसेंट एमपी प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्दौर में मैग्नीफिसेंट एमपी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है दो दिवसीय सम्मेलन की तैयारियां पूरी कर ली गई है मुख्यमंत्री कमलनाथ आज प्रदेश के प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे

इनमें ईजराइल की दो कंपनियां शामिल है इनके अलावा ब्राजील जापान नार्वे और अमेरिका की कंपनियों के निवेश प्रस्ताव भी है वहीं इस मौके पर आयोजित की जाने वाली प्रदर्शनी में राज्य में नवीन और नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में चल रहे कार्य की झलक भी मिलेगी इस प्रदर्शनी में राज्य में कियान्वित सौर ऊर्जा परियोजनाओं को विस्तार से बताया गया है इनमें रीवा की अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना किसानो के लिए सोलपर पंप योजना और रूफटॉप सोलर प्लांट भी शामिल हैं प्रदेश में पन बिजली और पवन ऊर्जा के उत्पादन के प्रयासों को भी प्रदर्शनी में दिखाया गया है जनजातीय ऑनलाइन जनजातीय कार्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने लड़कियों के लिए फेसबुक कार्यक्रम गोल यानी गोइंग ऑनलाइन एज़ लीडर्स के दूसरे चरण की घोषणा की है इसका उद्देश्य देश की जनजातीय लड़कियों को अपने समुदाय में ग्रामीण स्तर पर डिजिटल युवा विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करना है गोल वंचित युवा जनजातीय महिलाओं को व्यापार फैशन और ड़िजिटल तथा जीवन कौशल सीखने की कला के क्षेत्रों में वरिष्ठ विशेषज्ञों के साथ जोड़ता है इस कार्यक्रम के दूसरे चरण में जनजातीय कार्य मंत्रालय और फेसबुक एकसाथ जनजातीय बहुल जिलों में पांच हजार युवा महिलाओं को डिजीटल रूप से शिक्षित करेंगे कार्यक्रम का पहला चरण इस वर्ष मार्च में शुरू किया गया था कल नई दिल्ली में कार्यक्रम के अगले चरण की शुरूआत के अवसर पर श्री मुंडा ने कहा कि इस कार्यक्रम से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी युवा महिलाओं को सफलता का मार्गदर्शन मिलेगा

इसका उददेश्य अभिभावकों को उनके बच्चों के शैक्षणिक स्तर की जानकारी प्रदान करना शाला के अकादमिक मुद्दों की जानकारी देना सुझाव प्राप्त करना तथा विद्यार्थियों को प्रेरित कर उनके शैक्षिक स्तर में सुधार के लिये अभिभावकों को जागरुक करना है मुख्यत विद्यार्थी की त्रैमासिक परीक्षादक्षता उन्नयन की कॉपियाँ अभिभावकों को दिखाई जायेंगी मुख्यमंत्री सम्मेलन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता प्रदेश को ऐसी दिशा और दृष्टि देना है जिससे राज्य का हर तबका लाभान्वित हो उन्होंने कल भोपाल में व्यवसाय जगत के लोगों को सम्मानित करने के लिए आयोजित समारोह में कहा कि राज्य संसाधनों की कमी नहीं है जरूरत इनके सही इस्तेमाल की है श्री नाथ ने कहा कि पिछले दस महीने में सरकार ने अपनी नीयत और नीति से ये बता दिया है कि हमारा लक्ष्य विकास है जिससे किसानों को वाजिब दाम और नौजवानों को काम मिले मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती के क्षेत्र को मजबूत बनाने और किसानों की आय में वृद्धि करना हमारी प्राथमिकता में है उन्होंने कहा कि उत्पादन का सही उपयोग करने की चुनौती हमारे सामने है जिससे किसानों को अधिक फायदा मिले मंदी के दौर के संबंध में श्री नाथ ने कहा कि आर्थिक नीतियों में व्यापक सुधार लाना होगा मौजूदा हालात के लिए उन्होंने गलत दिशा में लिये गये फैसलों को जिम्मेदार बताया

सागर के सांसद राज बहादुर सिंह ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि लोक कलाओं से रची बसी बुंदेलखंड की धरती पर लोक संस्कृति एक बार फिर जीवंत हो उठी है उन्होंने इस आयोजन के लिए केन्द्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्यमंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के प्रति आभार व्यक्त किया केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित इस महोत्सव में लोक कलाकारों ने प्रस्तुति दी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र के कलाकारों ने भी पूरे देश की संस्कृति के संबंध में परिचित कराया दो दिवसीय इस आयोजन के अंतर्गत हस्तकला और शिल्प मेला भी लगाया गया है

लारवा की जांच के दौरान लांपरवाही पाये जाने पर तीन स्कूलों पर जुर्माने की कार्यवाही की गई है